केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई सलाह मशवरा जारी नहीं किया केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पंशनरों के मंहगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृदवि की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इच्छा जाहिर की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के नेताओं को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया जाना चाहिए कई टवीट कर श्री मोदी ने कहा कि एकजुट होकर दुनिया के लिए मिसाल कायम की जा सकती है और इस धरती पर रहने वाले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगदान डाला जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की आबादी का काफी हिस्सा दक्षिण एशिया में रहता है और यहां की सरकारों को लोगों का अच्छा स्वास्थ्य स्निश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए

इन लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगीटिव आने पर घर वापिस भेजा जा रहा है

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद और भारत तिब्बत सीमा प्लिस के महानिदेशक एस एस देसवाल ने आज छावला शिविर में इन लोगों को म्लकात की छावला केन्द्र में इन लोगों सभी आवश्यक स्विधायें देने के अलावा हर रोज़ स्वास्थ्य जांच भी की गई

केन्द्रीय आय्ष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि आय्ष मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई सलाह मशवरा जारी नहीं किया है उन्होंने कहा कि आयुष अन्संधान परिषदों दवारा कोरोना वायरस पर कोई शोध नहीं किया गया

श्री नाईक ने यह सलाह भी दी कि इनका इस्तेमाल सम्बंधित चिक्तिसा पद्वति से पंजीकृत चिकित्सकों के परामर्श से किया जाना चाहिए

जनगणना का कार्य दो चरणों में प्रा किया जायेगा

जनसंख्या की गणना कार्य पूरे भारत मे एक साथ किया जायेगा भारत के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने यह जानकारी देते हये लोगों को जनगणना के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है ताकि कोई भी देशवासी जनगणना से बाहर न रहें केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है

ये नियम इस वर्ष पहली जनवरी से लागू होंगे

आर्थिक मामलों बारे केबिनेट समिति ने यूरिया की संशोधित नई मूल्य योजना को मंजूरी दे दी है

इससे यूरिया कारखानों की वित्तीय स्थिति में स्धार होगा और किसानों को यूरिया की निर्वघ्न आपूर्ति होगी

इन जिलों के वे सभी छात्र जो बोर्ड परीक्षायें वार्षिक परिक्षायें या मूल्यांकन परीक्षायें दे रहे है परीक्षा के लिए पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अन्सार स्कूल जायेंगे

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन जिलों के छोड़क अन्य जिनों मे सभी स्कूल आम दिनों की तरह ख्ले रहेंगे

इस सम्बधी सुचना जारी कर दी गई है अम्बाला के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार अपना पंजीकरण शीघ्र करवायें उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रूपये और जो पांच एकड़ तक खेती के मालिक हे वे इस योजना का लाभ उठा सकते है

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना में सभी परिवारों का पंजीकरण किया जायेगा इस बारे मे पहले ही सम्बधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गये है

पकड़े गये दोनों आरोपी गांव ढाबी खूर्द के रहने वाले है दोनों आरोपी प्रमोद और नवीन काम में हेरोइन की सल्पाई कर रहे थे

पकड़े गये आरोपियों की पहचान ठास्का मिरजी थाना इस्माईलाबाद निवासी कालू राम और धर्मपाल के रूप में हई है

ग्जरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हरियाणा में सरकार की पश्धन विकास योजनाओं एवं क्रियाकलापों से उन्नत किस्म के द्धारू पश्ओं की संख्या बढऩे के साथ साथ द्ग्ध उत्पादन में भी वृदघि हो रही है